केन्द्र सरकार ने श्री मुखर्जी के निधन पर सात दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है इस दौरान सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आघे झुके रहेंगे गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल शाम निधन हो गया नई दिल्ली के सेना अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली

रविवार को फेफड़ों में संक्रमण के कारण भारत रत्न प्रणब मुखर्जी की हालत ज्यादा बिगड़ गई थी उन्हें दस अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था राज्य सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर उनके सम्मान में सरकारी कार्यालयों में आज एक दिन का अवकाश घोषित किया है इस बीच प्रदेश में राजकीय शोक के चलते भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने टवीट कर बताया कि राजकीय शोक के कारण पहले से निर्धारित संभाग स्तरीय कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है

वहीं भाजपा ने भी राज्य सरकार के खिलाफ दो और चार सितंबर को होने वाले कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं

उधर उदयपुर नगर विकास प्रन्यास के कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिलने के बाद यहां आमजन के लिए प्रवेश पर रोक लगा दी गई है

इस बीच भरतपुर जिले में कोरोना संकमण से बचाव के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत आज रेलवे स्टेशन पर जागरूकता कार्यकम आयोजत किया गया इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार की गाइड लाइन का पालन करने का आहवान किया देश में प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन आज से शुरू हो गई है

गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने बताया कि इन परीक्षाओं के अभ्यर्थी और उनके अभिभावकों के ॅलिए प्रवेश पत्र की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी को वैध पास माना जाएगा जयपुर शहर में जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और अन्य शहरों में रोडवेज द्वारा नीट और जेईई मेन परीक्षा के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर मुफ्त परिवहन की सुविधा प्रदान की जाएगी प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है

बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में माही बांध के चार गेट आधा मीटर खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है